प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत करवाया

उन्होंने कहा कि इसके बाद यूनिक आईडैंटीफिकेशन नम्बर रहित सभी लाइसेंस अवैध हो जाएंगे जनमंच हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की बराहलड़ी नारा जंगलरोपा नाल्टी और चंगर पंचायतों में कल मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को जनमंच कार्यक्रम को लेकर जागरूक किया गया डीआरडीए के परियोजना अधिकारी सुनील चंदेल ने बताया कि जनमंच को लेकर पंचायत सचिवों के माध्यम से शिकायतें अपलोड की जा रही हैं और विभागों को दस दिन के भीतर समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश भी दिए गए

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान विभिन्न विभागों की हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता करवाई जाएगी इसके अलावा जिला स्तर पर सभी जिला भाषा अधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों में निरीक्षण कर हिंदी में किए जा रहे कार्यो का आकलन किया जाएगा उन्होंने बताया कि हिंदी का सरकारी कामकाज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है उर्जा नीति के बदलाव पर कांग्रेस ने किया वॉकआउट पॉलीसी में प्रंजीपतियों को लाभ पहचाने का आरोप दैनिक जागरण का शीर्षक है उर्जा नीति पर कांग्रेस का हंगामा वॉकआउट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अब उर्जा नीति पर वॉकआउट उद्योगों को रियायतें देने पर विपक्ष ने लगाया हिमाचली हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप आपका फैसला के अनुसार प्रोजेक्टों में रॉयल्टी न मिलने पर विपक्ष का वॉकआउट दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है उर्जा नीति बदलाव पर कांग्रेस में करंट लखवाड़ परियोजना से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है लखवाड़ प्रोजेक्ट से सुबे की बिजली पानी और सिंचाई समस्या होगी दूर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं लखवाड़ बांध पर हिमाचल समेत छह राज्य राजी

अजीत समाचार के मुताबिक दिल्ली हरियाणा सहित छह राज्यों में नहीं होगी पानी की किल्लत

धोनी को राज्य अतिथि बनाने पर बवाल दिव्य हिमाचल की एक खबर है इसी खबर को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है अब धोनी के स्टेट गैस्ट दर्जे पर भी सियासत जेबीटी अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है शिक्षक भर्ती में नहीं मिलेगी टैट से छूट पंजाब केसरी के मुताबिक टैट की छूट मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज इसी पत्र की एक अन्य खबर है भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जयराम ने रखा रिपोर्ट कार्ड यमुना नदी में अटल जी की अस्थियां विसर्जित शीर्षक से आपका फैसला लिखता है केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा व अन्य लोगों ने लिया भाग फर्जी फोटो वायरल करने पर युवा कांग्रेस वर्कर्स पर केस दैनिक जागरण की एक खबर है

इसकी अव्यवस्था से लोगों को जान न गवानी पड़े इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए

शीर्षक है इंकीमेंट का काबलियत

नमस्कार